आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य में शासकीय खर्च पर लगाए गए सभी होर्डिंग्स और प्रचार सामग्रियों को हटाने का काम शुरू सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तेज हई राजनीतिक सरगर्मियां भाजपा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पद्रह से इक्कीस मार्च के बीच कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी कांग्रेस ने आज रायपुर में पार्टी प्रवक्ताओं के लिए कार्यशाला आयोजित की लोकसभा चुनाव के कारण राज्य में ओपन स्कूल की दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी में संशोधन किया गया

सबसे पहले ग्यारह अप्रैल को माओवाद प्रभावित बस्तर लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे दूसरे चरण में अट्ठारह अप्रैल को कांकेर राजनांदगांव और महासमुद लोकसभा सीट पर मतदान कराया जाएगा वहीं तीसरे और अंतिम चरण में तेईस अप्रैल को रायपुर बिलासपुर रायगढ़ कोरबा जांजगीर चांपा दुर्ग और सरगुजा लोकसभा सीट के लिए चुनाव होंगे यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के बाद बीती रात राजधानी रायपुर में दी श्री साह ने बताया कि राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की अधिसूचना अट्ठारह मार्च दूसरे चरण के लिए उन्नीस मार्च और तीसरे चरण के लिए अट्ठाईस मार्च को जारी होगी

श्री साह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम शुरू कर दिए गए हैं जो चौबीसों घंटे चालू रहेंगे साथ ही आदर्श आचार सहिता लागू होने के बाद अब सभी प्रकार की रैली जुलूस सभा की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा

लोकसभा निर्वाचन के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में दो दो संगवारी मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे इन केन्द्रों में सभी मतदानकर्मी महिलाएं होंगी इसके अलावा सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सहायक केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे श्री साह ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है श्री साहू ने बताया कि दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल वोटर स्लिप उपलब्ध कराई जा रही है उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही राज्य में सी विजिल सुविधा समाधान और सुगम जैसे सभी मोबाइल ऐप क्रियाशील हो गए हैं मतदान दिवस के पर्यवेक्षण के लिए प्रदेश में सी टॉप्स मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी किया जाएगा बस्तर लोकसभा निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन के तहत पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को माओवाद प्रभावित बस्तर लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे यहां के आठ विधानसभा क्षेत्रों कोंडागांव नारायणपुर बस्तर जगदलपुर चित्रकोट दंतेवाड़ा बीजापुर और कोंटा के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी अय्याज तंबोली ने जगदलपुर में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही बस्तर में शासकीय कार्यालयों सार्वजनिक स्थानों और निजी संपत्तियों से चुनाव प्रचार सामग्री निकालने का काम शुरू कर दिया गया है इसके लिए गठित उड़नदस्ते की टीम सतत् निगरानी कर रही है

राजनीतिक दल मतदान को किसी भी तरह की धांधली से मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में दस से तीस प्रतिशत केन्द्रों पर पुष्टि पर्ची के मिलान की मांग कर रहे हैं मौजूदा समय में मतदान पुष्टि मशीनों का उपयोग सभी मतदान केंद्रो में किया जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से इसका मिलान प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही मतदान केंद्र पर किया जा रहा है निर्वाचन आयोग रमजान निर्वाचन आयोग ने रमजान के महीने में लोकसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर कहा है कि इस दौरान भी चुनाव होंगे क्योंकि पूरे महीने को चुनाव से अलग नहीं किया जा सकता आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान पड़ने वाले मुख्य त्योहार ईद और जुमे के दिन मतदान नहीं कराए जा रहे हैं गौरतलब है कि मई में रमजान का महीना शुरू हो रहा है और लोकसभा चुनाव के कुछ चरण इसी महीने में पड़ रहे हैं भाजपा कांग्रेस बैठक लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में पंद्रह से इक्कीस मार्च के बीच कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा यह निर्णय राजधानी रायपुर में आज चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा की एक बैठक में लिया गया पार्टी के अध्यक्ष विक्रम उसेंडी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी ग्यारह लोकसभा सीटों में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति की समीक्षा की गई दूसरी ओर आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक कार्यशाला आयोजित की गई इस कार्यशाला को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और आवास मंत्री मोहम्मद अकबर ने संबोधित किया बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्टी प्रवक्ता राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे कार्यशाला में प्रवक्ताओं को फेक न्यूज से निपटने के टिप्स भी दिए गए ओपन स्कूल परीक्षा संशोधन लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की वजह से राज्य में ओपन स्कूल की दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी में संशोधन किया गया है राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी नई समय सारिणी के अनुसार दसवीं की नौ अप्रैल को होने वाला हिन्दी का पर्चा सत्ताईस अप्रैल को ग्यारह अप्रैल को होने वाला अंग्रेर्जी का पर्चा तीस अप्रैल को और पंद्रह अप्रैल को होने वाली अर्थशास्त्र की परीक्षा अब दो मई को होगी वहीं बारहवीं में दस अप्रैल को होने वाला भूगोल का पर्चा उनतीस अप्रैल को बारह अप्रैल को होने वाला अंग्रेजी का पर्चा एक मई को और सोलह अप्रैल को होने वाली हिन्दी की परीक्षा अब तीन मई को होगी ये परीक्षाएं सुबह आठ बजे से शुरू होकर साढ़े ग्यारह बजे तक चलेंगी इस बारे में और अधिक जानकारी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है राष्ट्रपति पदम पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पदम पुरस्कार प्रदान किए आज छप्पन विभूतियों को ये पुरस्कार दिए गए इसके बाद सोलह मार्च को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति शेष विभूतियों को यह पुरस्कार देंगे इस दिन छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई को पद्म विभूषण और बस्तर बैण्ड के संयोजक अनूप रंजन पाण्डेय को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा हादसा बालोद जिले के खरखरा डैम में पिकनिक मनाने गए दो युवकों की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग से पांच युवक कल पिकनिक मनाने खरखरा डैम पहुंचे थे इस दौरान ये युवक एक नाव में सवार होकर डैम में घूमने निकले गहराई में जाकर ये युवक मोबाइल से सेल्फी ले रहे थे तभी नाव पलट गई पांच में से तीन युवक किसी तरह अन्य लोगों की मदद से बच गए